रणनीतिक साझेदारी परिषद की स्थापना सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा आज से दो नवम्बर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सऊदी अरब की एक दिन की यात्रा पर आज रियाद के लिए रवाना होंगे श्री मोदी सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दल अजीज के निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं इस यात्रा से दोनों देशों की महत्वपूर्ण भागीदारी और मजबूत होने की उम्मीद है

प्रधानमंत्री कल सऊदी अरब के फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के तीसरे सत्र को सम्बोधित करेंगे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस दिन गूजरात के केवडिया में सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे नई दिल्ली में आयोजित होने वाले समारोह में गृहमंत्री अभित शाह रन फोर यूनिटी दौड को हरी झण्डी दिखाकर रवाना करेंगे प्रदेश की राजधानी जयपुर सहित जिला और ब्लॉक मुख्यालयों पर भी इस दौड का आयोजन किया जायेगा

इस साल का सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय निष्ठावान जीवन शैली रखा गया है आयोग ने कहा है कि इससे समाज के सभी वर्गो विशेषकर युवाओं को नैतिक आचरण का पता चलेगा और ईमानदार और भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाया जा सकेगा

बीकानेर शहर के बिन्नाणी के चौक में पटाखे चलाते समय झूलस जार्ने से एक बच्ची की आज मृत्यू हो गई शहर में आतिशबाजी से झूलसे साठ से अधिक व्यक्तियों का पीबीएम अस्पताल में इलाज चल रहा है

प्रदेश में पशुपालकों द्वारा अपने पशुओं को सजाधजा कर उनकी पूजा अर्चना की गई महिलाओं ने भी घरों के आगे गोबर से गोवर्धन बनाकर सुख समृद्धि की कामना की आदिवासी बाहुल्य जिलों में गोवर्धन को लेकर विशेष उल्लास देखा गया डूंगरपुर बांसवाडा सिरोही और बूंदी में परम्परागत रूप से पशुओं की कई प्रतियोगिताये आयोजित की गई

उधर कांठल क्षेत्र के जिले प्रतापगढ़ में भी गोवर्धन पूजा पर्व पर आज विशेष आयोजन हुए

बाडमेर में दीपावली के दूसरे दिन व्यापारियों द्वारा बहीखातों का पूजन किया जाता है वहां आज व्यापारिक प्रतिष्ठानों में नए बहीखातों की पूजा की गई ग्रामीण अंचलों में ऊंट दौड के आयोजन भी हुए जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया

पांच दिवसीय दीपोत्सव की श्रखंला में कल भाईदूज का पर्व मनाया जायेगा भाई बहन के स्नेह के प्रतीक इस पर्व में बहनें भाईयों की लम्बी उम्र की कामना करती हैं प्रदेश में मौसम बदलने से गुलाबी सर्दी का एहसास होने लगा है आज कई जिलों में बादल छाये रहने और ठण्डी हवाए चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है बूंदी में आज दोपहर हल्की वर्षा हुई नागौर बाडमेर और राजधानी जयपुर में आज दि नभर बादल छाये रहे

जालोर में श्रमिकों और दुकानदार के बीच हुए आपसी विवाद में एक व्यक्ति की मौत हो गई पुलिस मामले की जांच कर रही है सिरोही जिले के मंडवाड़ा खालसा में भालू ने एक महिला को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया

मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल और विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेन्द्र राठौड़ ने जिलेवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दीं